सुरक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

परिवार पेंशन कोरोना महामारी से जीविकोपार्जन का सहारा छिन चुके परिवारों को प्रदेश सरकार पांच हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन देगी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को भोपाल में कहा कि अनाथ बच्चों की शिक्षा का निशुल्क प्रबंध किया जाएगा और बुजुर्गों और परिवारों को पात्रता नहीं होने के बाद भी निशुल्क राशन दिया जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि अनाथ बच्चों और बुजुर्गों के परिवार और अनाथ हुए परिवार का कोई सदस्य यदि काम धंधा करना चाहता है तो उसको प्रदेश सरकार की गारंटी पर बिना ब्याज का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा

प्रधानमंत्री इस अवसर पर कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे

गृह विभाग द्वारा रेमडेसिविर इंजेक्शन ऑक्सीजन और अन्य आवश्यक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए में सख्त और त्वरित कार्यवाही के निर्देश कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं

इस संबंध में कलेक्टर भोपाल अविनाश लवानिया ने आदेश जारी किए हैं आदेश दिए गए हैं कि पंजीयन कार्य के लिए संलग्न अधिकारी और कर्मचारी को परिचय पत्र दिखाने पर और आमजन को अपने रजिस्ट्री का स्लॉट बुकिंग का प्रमाण दिखाने पर घर से कार्यालय स्थल तक आवाजाही की छूट रहेगी ईद आज आज प्रदेशभर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है राजधानी भोपाल में कोविड गाइडलाइन के चलते ईदगाह और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा नहीं किए जाने का फैसला लिया गया है भोपाल के शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए त्योहार मनाएं उन्होंने कहा कि कोरोना कर्फ्यू की पाबंदियों के लिहाज से सब घरों में ही नमाज अदा करें ईद के अवसर पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमण के संकट काल में शासन के बनाए नियमों का पालन करते हुए ईद का त्यौहार मनाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह पर्व भाईचारे प्रेम शांति सौहार्द्र त्याग तथा करूणा की भावना को बढ़ाता है हम सब न्यायपूर्ण समरसतापूर्ण और एक समावेशी समाज के निर्माण के लिए प्रेरित होते हैं

वैक्सीन स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनों की उपलब्धता सुरक्षित करने और बढ़ाने के लगातार और अत्यधिक सक्रियता से कार्य कर रही है मंत्रालय ने कहा है कि कोवैक्सीन के लिए लाइसेंस देने में देरी और देश में कोवैक्सीन के निर्माण के लिए तकनीक के हस्तांतरण की स्वीकृति में देरी के आरोप संबंधी मीडिया की खबरें निराधार और तथ्यहीन हैं

ये परीक्षण पांच सौ पच्चीस स्वस्थ स्वयं सेवकों पर किए जाएंगे परीक्षण के दौरान स्वयंसेवकों को दोनों टीके लगांए जाएंगे

कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है